शाम पांच बजे कई जगहों पर मतदान केन्द्र के भीतर पहुंच चुके मतदाताओं द्वारा अभी भी वोट डाले जा रहे हैं

अंतिम घंटों में इसमें सर्वाधिक वृद्वि दर्ज की गई

प्रदेश में सभी जगह मतदान समाप्त होने के बाद ही निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के अंतिम आंकडो की आधिकारिक रूप से घोषणा की जायेगी

कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार कई जगह ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण मतदान में व्यवधान हुआ

पाली के सुमेरपुर और चांचौड़ी में ईवीएम में खराबी के कारण मतदान डेढ घंटे तक रूका रहा बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीनें चार बार बदली गई हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे वोट डालने की प्रक्रिया काफी देर तक रूकी रही निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाये गये स्वीप अभियान के चलते इस बार युवाओं में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखा गया राजधानी जयपुर और सभी बड़े शहरों में युवाओं की टोलियां मतदान करती नजर आईं इधर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उल्लास बना रहा

ब्रजुर्ग भी मतदान प्रकिया में अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्सुक नजर आये

इधर बांसवाड़ा में एक दूल्हा बरात के साथ मतदान करने पहुंचा वहीं सिरोही में दूल्हा दूल्हन ने फेरों से पहले मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई जिले के उतरज में राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर बने मतदान केन्द्र पर लोगों ने बढ चढकर मतदान किया

बाडमेर और जैसलमेर के दुर्गम इलाकों में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा जोश नजर आया

अलवर जिले की रामगढ सीट पर बहजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की मृत्यू हो जाने के कारण वहां मतदान स्थगित कर दिया गया है

करीब चार हजार केन्द्रों पर वीडियोग्राफी और तीन हजार से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की गई

मतदान समाप्ति के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कडी सुरक्षा के बीच निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में स्ट्रॉग रूम में रखवाया जा रहा है

इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की झालावाड़ जिले की झालरापाटन है जहां कांग्रेस ने वरिष्ठ भाजपा नेता जसवंत सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह को मैदान में उतारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपूर की सरदारपूरा सीट से चुनाव लडा भाजपा के शंभूसिंह खेतासर उनके सामने मैदान में हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का टोक में भाजपा के युनुस खान से मुकाबला रहा उदयपुर में भाजपा के गुलाबचन्द कटारिया और कांग्रेस की गिरिजा व्यास के बीच सीधी टेक्कर थी राजसमंद के नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी और भाजपा के महेश प्रताप सिंह एक दूसरे के प्रतिद्वदी रहे वहीं जयपुर की सांगानेर सीट पर बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से स्थिति रोचक हो गई है यहां भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी भाजपा के अशोक लाहोटी और कांग्रेस के पुष्पेन्द्र भारद्वाज मैदान में है नागौर की खींवसर सीट पर सब की निगाहे है यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल अपना भाग्य आजमा रहे है

नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि गांवों में बड़े शहरों की तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह कार्यक्रम गरीबों के स्वास्थ्य की जरूरतों के हिसाब से बहुत ही उपयोगी साबित होगा दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पिछले दो महीनों में चार लाख पचास हजार मरीजों को फायदा पहंचा है

आज महाराष्ट्र के अहमद नगर में सक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें तुरन्त नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई श्री गडकरी ने बाद में ट्वीट कर बताया कि वे ठीक हैं

श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड रही है देश में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन रहा है उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं के लाभार्थियों के पास खूद पहंच रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को सशक्त बनाने के इस आन्दोलन को और मजबूत बनाया जायेगा

यह दिवस प्रत्येक वर्ष सात दिसम्बर को देश के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बल के सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है राज्यपाल कल्याण सिंह ने सुबह राजभवन में सहयोग राशि देकर सैनिक कल्याण विभाग के अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर विभाग के निदेशक ब्रिगेडयर करण सिंह ने राज्यपाल के वस्त्रों पर झण्डा लगाया

शीर्ष न्यायालय ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा पर पचास हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा है कि याचिका पर सुनवाई के लिए कोई ठोस कारण नहीं है एक अन्य फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उद्योगपति विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए बंबई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली माल्या की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है